जनमंच प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में आज छठे जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने जनसमस्याएं सुनीं

उन्होंने कहा कि जनमंच का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को त्वरित रूप से उनके घरद्वार पर हल करना है

कांगड़ा जिले में जयसिंहपुर के जालग में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की

उन्होंने समस्याओं के समाधान और सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनमंच कार्यक्रमों का भरपूर उपयोग करने का आग्रह किया

इस अवसर पर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि जनमंच में शिकायतों के तुरंत समाधान से लोगों के धन और समय की बचत हो रही है कुल्लू ज़िले के गड़सा में हुए कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि जनमंच के माध्यम से राज्य सरकार प्रशासन और विभाग सीधे लोगों तक पहुंच रहे हैं उन्होंने अधिकारियों को जन समस्याएं गम्भीरता से लेने और इनका निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए अनिल शर्मा ने बालिका सुरक्षा और बेटी है अनमोल योजनाओं के तहत कन्याओं को प्रोत्साहन राशि भी वितरित की स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने चम्बा ज़िले के सलूणी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की

सोलन ज़िले के अर्की क्षेत्र के हाटकोट में कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि लोगों को शीघ न्याय दिलवाने और शिकायत निवारण में जनमंच कारगर साबित हुआ है

सांसद वीरेन्द्र कश्यप भी कार्यक्रम में मौजूद रहे उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र के कमरऊ में जनसमस्याएं सुनकर अधिकांश का मौके पर ही निपटरा किया उन्होंने सिचाई व जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अध्री पेयजल योजनाओं का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके उन्होंने विद्युत विभाग को भी लोगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए शिमला जिले के नेरवा में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य सचेतक और कार्यक्रम संयोजक नरेन्द्र बरागटा ने की उन्होंने कहा कि जनमंच के निर्देशों की अवहेलना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने बिलासपुर जिले में घुमारवीं के करलोटी में कहा कि प्रदेश को श्रेष्ठ राज्य बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं जनमंच कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बिलासपुर जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का भी शुभारम्भ किया

इससे पहले बीटन में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत किया जाएगा सांसद अनुराग ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी इस दौरान मौजूद रहे राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनका विकास करना हमारा कर्तव्य है करनाल स्थित नीलोखेड़ी गुरूकल में आज एक समारोह में उन्होंने कहा कि गुरूकुल में शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सर्वागीण विकास पर बल दिया जाता है उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं में आधूनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारयुक्त शिक्षा भी दी जाती है आचार्य देवव्रत ने गुरूकुल के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि बच्चों का सर्वागीण विकास अध्यापकों और अभिभावकों का नैतिक दायित्व है नाहन में ज़िलास्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है बल्कि उन्हें सही अवसर देकर निखारने की ज़रूरत है इस बीच नाहन सब्जी मण्डी की समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधि मण्डल ने विधानसभा अध्यक्ष से भेंट की इस दौरान बिंदल ने सब्जी मण्डी की सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का आश्वासन दिया मौसम प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्के हिमपात व अन्य भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा का क्रम रूक रूक कर जारी है

रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार बर्फबारी के चलते छितकुल गांव का संपर्क शेष दुनिया से कट गया है

मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ रहने की संभावना जताई है विभाग के शिमला स्थित कार्यालय के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में जहां अधिकतम तापमान सामान्य बना रहेगा वहीं न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है उधर लाहौल स्पीति ज़िले की कोलंग पंचायत के पूर्व प्रधान लामा अंग्याल ने सरकार से तोद घाटी में बिजली और संचार व्यवस्था जल्द बहाल करने का आग्रह किया है उन्होंने कुल्लू और मनाली में फंसे लाहौल के लोगों को रोहतांग सुरंग के माध्यम से लाहौल पहुंचाने की व्यवस्था करने की भी मांग की है

हालांकि प्रशासन की टीम मौके की तरफ रवाना हो चुकी है लेकिन रास्ते में बड़ा ग्लेशियर होने के चलते सदस्य इन लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं वहीं उपायुक्त हरिकेश मीणा के अनुसार बर्फबारी में फंसे इन युवकों को निकालने के लिए हैलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी और ये मामला सरकार के समक्ष उठाया गया है खेल डॉक्टर वाईएस परमार मैमोरियल अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आज पालमपुर में सम्पन्न हुई इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग का खिताब रेलवे की टीम ने जीता जबकि खराब मौसम के चलते प्ररूष वर्ग में भारतीय नौसेना और क्रूक्षेत्र की टीम को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया समापन अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने विजेताओं को प्रस्कृत किया उन्होंने कहा कि राज्य में खेलों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए खेल अकादमियां खोली जाएंगी और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक एक खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सलूणी दूरदराज क्षेत्र है और इस पोस्ट के खुलने से इलाके में आगजनी की घटनाओं को काबू करने में मदद मिलेगी